मृतकों की संख्या बढने की संभावना है टक्कर के बाद दोनो वाहनों में आग लग गई

दुर्घटना का कारण घना कोहरा बताया जा रहा है उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है

केंद्र ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है

उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी

विद्युत उत्पादन पांच प्रतिशत और खनन क्षेत्र का उत्पादन एक दशमलव सात प्रतिशत कम रहा

इस कार्यक्रम में देश भर के दो हजार से अधिक विद्यार्थी अभिभावक और शिक्षक भाग लेंगे प्रधानमंत्री सवालों के जवाब देंगे और कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में श्री मोदी परीक्षा का तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे

एक ट्वीट में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश की एकता और अखण्डता को बनाये रखने और देश के सैनिकों तथा किसानों के योगदान का सम्मान करने के लिए लालबहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था इस मौके पर आज राजधानी जयपुर में कांग्रेस कार्यालय में श्रद्दाजंलि कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री को श्रद्वासुमन अर्पित किये

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार मद्य संयम नीति की कडाई से पालना कराने में कोई कसर ैनहीं छोडेगी उन्होंने राज्य में आबकारी विभाग को सिस्टम में पारदर्शिता और प्रभावी सुधार की योजना बनाने के निर्देश दिए है